करगिल विजय दिवस आज राष्ट्र युद्ध वीरों को अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि

गौरतलब है कि प्रदेश में जारी सियासी संकट पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक बयान जारी कर कहा था कि संवैधानिक मर्यादा से ऊपर कोई नहीं है इस बयान में राज्य सरकार द्वारा विधानसभा सत्र बुलाए जाने के लिए सौंपी गई पत्रावली में पायी गयी कमियों का भी उल्लेख किया था

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष सतीश प्रनिया प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया प्रतिपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड़ समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे मुलाकात के बाद पत्रकारो से बातचीत करते हुये प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचन्द कटारिया ने कहा कि संवैधानिक पद के प्रति सरकार और मुख्यमंत्री का रवैया आपत्तिजनक रहा है प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन देकर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का अनुरोध किया है इससे पहले जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित हुई इस बैठक में सरकार को समर्थन कर रहे कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियों के विधायक तथा निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों से हर स्थिति के लिए तैयार रहने का आह्वान किया राज्य सरकार के खिलाफ कथित षडयंत्र को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सभी जिलों में धरना दिया उधर कांग्रेस ने राज्य विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाने के विरोध में कल जयपुर सहित देश के सभी राज्यों के राजभवनों का घेराव करने का ऐलान किया है कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके यह जानकारी दी

आकाशवाणी डीडी न्यूज पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम लाइव उपलब्ध रहेगा हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में शाम आठ बजे इसका पुनः प्रसारण भी किया जाएगा

यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से शुरू की गई है

प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए योजना के तहत मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए निधि आवंटन की व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को वित्तीय मदद पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होनी चाहिए उन्होंने कहा कि इस योजना को सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों के लिए कर्ज की सुविधा के रूप में नहीं बलकि उनके समग्र आर्थिक उत्थान के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि मिशन का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा

इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घ्सपैठियों से मुक्त कराया था

इस दौरान टाइगर हिल पर विजय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी

भारतीय सेना ने एक ट्वीट में कहा है कि ऑपरेशन विजय भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य साहस और बलिदान की गाथा है करगिल विजय दिवस के मौके पर उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को नमन किया है नायडु ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र हमेशा शहीदों के साहस और शौर्य के प्रति कृतज्ञ रहेगा

इसके तहत परिषद ने कोरोना वायरस के प्रकोप से सफलतापूर्वक निपटने के लिए टेस्ट की क्षमता को बढाने का फैसला किया है

इससे पूरी दुनिया में जांच से वंचित लोगों की कोविड जांच सुविधा बेहद कम कीमत पर मिल सकेगी

ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी

इससे किसानों के चेहरों पर रौनक आ गई है इस बारिश से खरीफ की फसल को लाभ मिलेगा

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें